भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भाजपा संसदीय दल का नेता चून लिया गया है नई दिल्ली में आज संसद के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित भाजपा और उसके सहयोगी दलों के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक में संसदीय दल के नेता के रूप में उनके नाम का प्रस्ताव पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने रखा जिसे सर्वसम्मिति से पारित कर दिया गया इसके अलावा श्री मोदी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेता भी चूना गया है राजग नेता के लिये उनके नाम का अन्मोदन सहयोगी दलों के नेताओं ने किया

श्री मोदी आज देर शाम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे श्री मोदी ने भाजपा संसदीय दल और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेता चुने जाने के बाद भाजपा और एनडीए के सभी सांसदों और दलों के प्रति आभार व्यक्त किया इस अवसर पर संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदो ने कहा कि हम आज नये भारत के हमारे संकल्प को एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने के लिये यहां से एक नई यात्रा को आरम्भ करने वाले हैं बाइट सेन्ट्रल हाल की यह घटना यह असामान्य घटना है हम आज नये भारत के हमारे संकल्प को एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने के लिये यहां से एक नई यात्रा को आरम्भिक करने वाले हैं देश की राजनीति में जो बदलाव आया है अपने अपने स्तर पर आप सभी ने इसका नेतृत्व किया है आप सभी इस बदलाव की प्रक्रिया के बहुत बड़े साक्षी भी है आप सभी अभिनन्दन के अधिकारी है

कल मंत्रिमंडल की बैठक हुई इसमें राष्ट्रपति से तुरंत प्रभाव से लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की गई राष्ट्रपति भवन से एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल की सिफ़ारिश स्वीकार कर ली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि संसदीय चुनाव में भाजपा की शानदार विजय के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रभावी नेतृत्व और अमित शाह के सांगठनिक कौशल को पूरा श्रेय दिया जाना चाहिये श्री योगी ने कल देर शाम लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश क मतदाताओं ने जाति आधारित अंकगणित वाले गठबंधन की नकारात्मक राजनीति को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है उन्होंने कहा कि एनडीए की जीत का आधार सकारात्मक राजनीति विकास सुशासन और राष्ट्रवाद रही है बाइट आने वाले समय में सकारात्मक राजनीति जो करेगा देशहित में राजनीति जो करेगा विकास के लिये और वास्तविक रूप से बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को अन्त तक पहुंचाने की जो सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ायेगा वही टिका रहा पायेगा अन्यथा पब्लिक उन्हें स्वयं खारिज कर देगी नकारात्मक राजनीति के लिये कोई जगह नहीं होनी चाहिये और उस सकारात्मक राजनीति को विकास सुशासन और राष्ट्रवाद के जिस मुद्दे को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्ग दर्शन में सहयोगी दलों ने पूरे देश के अन्दर लागू किया है उसका भी सार्थक परिणाम हम सबके सामने रहा है

ये हमारी जीत का बहुत बड़ा आधार बना है मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के साथ निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चन्द्र ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की उन्होंने राष्ट्रपति का लोकसभा चुनाव में विजयी उम्मीदवारों की सूची सौंपी राष्ट्रपति ने निर्वाचन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने पर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को बधाई दी राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग उसके अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पुलिस तथा सुरक्षाकर्मियों के प्रयासों की सराहना की है राष्ट्रपति ने निर्वाचन प्रक्रिया में हिस्सा लेने पर करोड़ों मतदाताओं की भी सराहना की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

नई दिल्ली में आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के कारणों की समीक्षा की गई बैठक में तय किया गया कि कांग्रेस सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभायेगी इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव में पार्टी की पराजय की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने की पेशकश की जिसे कार्य समिति ने अस्वीकार कर दिया बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया कि कार्य समिति ने श्री गांधी के पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफे को नामंजूर करते हुए कहा है कि प्रतिकूल और कठिन परिस्थितियों में कांग्रेस को उनकी जरूरत है कार्य समिति द्वारा पारित प्रस्ताव में पार्टी संगठन को नई दिशा देने के लिये श्री गांधी को उसमें आमूल चूल परिवर्तन के लिये अधिकृत भी किया गया है इस दौरान पार्टी ने सहयोगी दलों और कार्यकर्ताओं के प्रति पार्टी की सैद्धान्तिक लड़ाई में साथ देने के लिये आभार व्यक्त किया गया बैठक में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित वरिष्ठ नेता मौजूद थे

मेरठ जिले में हुई मार्ग दुर्घटना में दो बच्चों सहित पांच लोगों की मौत हो गई है यह हादसा आज रोहटा इलाके के जटपुरा गांव म उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गंग नहर में जा गिरी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अविनाश पाण्डेय ने बताया कि दुर्घटना में मौत का शिकार हुए सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य है जो गुरूग्राम से हरिद्वार में स्नान के लिये जा रहे थे उन्होंने बताया कि कार में दस लोग सवार थे जिनमें से पांच लोगों को नहर से सुरक्षित निकाल कर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज दो हजार उन्नीस के लिये प्रदेश के लखनऊ वाराणसी और दिल्ली उड़ान स्थलों से जाने वाले हज यात्रियों की उड़ानों का कार्यक्रम जारी कर दिया है राज्य हज समिति के सचिव विनोत कुमार श्रीवास्तव ने लखनऊ में बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आजमीन ए हज दिल्ली से रवाना होंगे जिनकी पहली फ्लाईट चार जुलाई से शुरू होगी और अट्ठारह जुलाई तक जारी रहेंगी इसी तरह मध्य उत्तर प्रदेश के हज यात्री लखनऊ उड़ान स्थल से रवाना होंगे इनकी उड़ान बीस जुलाई से शुरू होकर पांच अगस्त को खत्म होगी जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के हज यात्री वाराणसी उड़ान स्थल से रवाना होंगे इनकी उड़ान उन्तीस जुलाई से शुरू होकर चार अगस्त तक जारी रहेगी कानपुर के कलेक्टरगंज इलाक़े में आज सुबह एक पांच मंजिला इमारत के दो फ्लोर में आग लग गई इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ ह आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन दल ने मौके पर पहुंच कर आग पर नियंत्रण पा लिया और इमारत में फंसे पांच लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने देश में निर्मित पांच सौ किलोग्राम श्रेणी के लक्षित बम का सफल परीक्षण किया है

रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में बताया कि इस मिशन के सभी उद्देश्य और लक्ष्य पूरी तरह सफल रहे

यह बम विभिन्न प्रकार के हथियारों को लेकर काम करने में सक्षम है ढाई टन वजन की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल की मारक क्षमता लगभग तीन सौ किलोमीटर है

वायु सेना ने पिछले एक वर्ष में पर्यावरण अनुकूल इस विमान ईंधन से उड़ान के कई जांच परीक्षण किये

नया कानून मौजूदा आयकर अधिनियम का स्थान लेगा

सरकार ने जमात उल मुजाहिद्दीन बांग्लादेश आर इससे जुड़े संगठनों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि इस संगठन के आतंकवाद संबंधी गतिविधियों में शामिल होने और इसे बढ़ावा देने की सूचना है यह भारत में यूवाओं को आतंकी गतिविधियों में शामिल करने के काम में संलिप्त है